नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और सोमवार को नाम वापस लिये जा सकते हैं

गुजरात गोवा केरल दादर तथा नगर हवेली दमन दीव और पुदुचेरी की सभी सीटों के लिए मतदान होगा

प्रत्याशी सूची लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेष में चुनावी हलचल तेज हो गई हैं बालाघाट लोकसभा और छिन्दवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिये कल एक एक नामांकन दाखिल किए गए इस चरण में प्रदेष की छह लोकसभा सीटों सीधी षहडोल जबलपुर मंडला बालाघाट और छिन्दवाड़ा के साथ ही छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव होगा इसके लिए नामांकन प्रकिया षुरू हो गई है

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि पार्टी जल्द ही शेष सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस ने नौ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं

पार्टी एक दो दिन में सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी

चुनाव तैयारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव ने कल सागर में रीवा सागर और नर्मदाप्रम संभाग में लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की बैठक में केंद्रीय चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सागर रीवा और नर्मदापुरम संभागों के संभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक तथा तीनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे इस मौके पर श्री कांताराव ने अधिकारियों से कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें श्री कांताराव ने कलेक्टरों से ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन की उपलब्धता और चुनाव के लिए उपलब्ध मानव संसाधन एवं उनका प्रशिक्षण वाहनों की जरूरत संवेदनषीन ब्रथ पर सुरक्षा इंतजामों की जिलेवार जानकारी प्राप्त की

साथ ही सीमावर्ती जिलों में प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी के लिये पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखने को कहा

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की मुम्बई में लगातार तीसरे दिन बैठक होगी

रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य से संबंधित मुद्रास्फीति पर प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित किए हुए है इससे उसे ब्याज दरों में कटौती करने का आधार मिलेगा मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिष्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस कड़ी में खण्डवा जिला कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देश पर कल जावर के स्वास्थ्य केन्द्र और मून्दी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सेक्टर बैठक हई इसमें सभी को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया खंडवा शहर में कुल्फी के ठेलों तथा र्पयजल व्यवस्था के लिए नगर निगम द्वारा स्थापित प्याऊ पर भी मतदान की अपील युक्त बैनर लगवाये गये हैं वहीं छिन्दवाड़ा में स्वीप अभियान के अंतर्गत सिमरिया कला उमरानाला जाम और इकलबिहरी गांवों में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया इस अवसर पर मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलाई गई आदिवासी बाहल्य उमरिया जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों मे मंगल दिवस एव गोदभराई कार्यक्रमो में महिलाओं को मतदान का महत्व बताते हुए मतदान के प्रेरित किया जा रहा है विधायक शिकायत विदिशा जिले के भारतीय जनता पार्टी विधायक उमाकांत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है आरोप है कि सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा और उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा मन्दिर परिसर में राजनीतिक भाषण दे रहे थे इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत अनुविभागीय दंडाधिकारी से की है सिरोंज एसडीएम ने बताया कि उनके पास कांग्रेस की ओर से शिकायत एक आयी है शिकायती आवेदन में विधायक उमाकांत शर्मा और उनके भाई लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम है शिकायतकर्ताओं का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट की अपील की गई है वहीं भाजपा ने प्रदेष के परिवहन मंत्री गोविन्द राजपूत सहित दो मंत्रियो हर्ष यादव और ब्रजेन्द्र राठौर के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई है जयंती सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की आज जयंती है इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया है इसे पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी और साहित्यकार सुरेश आचार्य संबोधित करेंगे संस्थान हर साल उनकी जयंती पर विशेष व्याख्यान आयोजित करता है इसी कड़ी में भोपाल के समन्वय भवन में दोपहर साढ़े बारह बजे से ये व्याख्यान होगा स्वाइन कार्यशाला प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य डॉ पल्लवी जैन गोविल ने कल स्वाइन फ्लू नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की उन्होंने स्वाइन फ्लू की जाँच और उपचार के लिये चिहिन्त अस्पतालों इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन और मीडिया की कार्यशाला कराने के निर्देश दिये इसके लिये केन्द्र शासन से एक विशेषज्ञ टीम भेजने का अनुरोध किया गया है डॉक्टर जैन ने कहा कि स्वाइन पलू के मरीज अक्सर अस्पतालों में काफी देर से पहुँचते हैं इससे ईलाज में परेषानी आती है और मरीज के मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है डॉ जैन ने लोगों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर तुरंत सरकारी या चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करायें सर्दी खाँसी और बुखार आदि की उपेक्षा न करें

आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला सन राइजर्स हैदराबाद से होगा मैच रात आठ बजे शुरू होगा मौसम प्रदेश में तापमान में वृद्धि के साथ अप्रैल की शुरुआत से ही खासी गर्मी बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घण्टे के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ

अगले चौबीस घण्टों के दौरान खरगौन के साथ ही रतलाम गुना जबलपुर दमोह और सागर में लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है

मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने के उपाय अपनाने के लिए कहा है

मेले में दूरस्थ अंचलों से किसान अपने मवेशी बेचने और खरीदी करने आते है